राज्य सरकार ने इस मामले में केन्द्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

नेपाल ने अपने भू भाग में गंडक लालबकैया और कमला नदी के तटबंधों की मरम्मत और सुरक्षा कार्य करने से बिहार के अभियंताओं को रोक दिया है इस संबंध में बिहार सरकार और नेपाल सरकार के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता भी बेनतीजा रही है जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि कोसी तटबंध पर काम करने की अनुमति दी गयी है लेकिन इन तीनों नदियों पर सुरक्षात्मक कार्यों को करने से नेपाल सरकार द्वारा रोका जा रहा है उन्होंने बताया कि इस संबंध में विदेश और जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गयी है ताकि बाढ़ निरोधात्मक कामों को पूरा किया जा सके प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है गंगा नदी का जलस्तर पटना में बढ़ने लगा है गांधी घाट और दीघा घाट पर नदी के जलस्तर में पैंतीस सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर रोसड़ा रेल पुल के पास तेरह सेंटीमीटर और खगड़िया में बाईस सेंटीमीटर बढ़ा है पुनपुन नदी का भी जलस्तर श्रीपालपुर में चौवालीस सेंटीमीटर बढ़ा है वहीं बागमती नदी मुजफ्फरपुर में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है इधर गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण सदर प्रखंड के नौ गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इन गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क सम्पर्क टूट गया है वहीं दूसरी तरफ भागलपुर जिले के बिहपुर स्थित गोविंदपुर मुसहरी में कोसी नदी का कटाव तेज होने के कारण लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि भारत में घनी आबादी के बावजूद एक लाख की आबादी पर कोविड के मामले दुनिया में सबसे कम हैं एक लाख की आबादी पर देश में केवल तीस लोग ही कोविड उन्नीस से संक्रमित हैं जबकि विश्व में यह औसत लगभग एक सौ चौदह है विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अमरीका में एक लाख में से छह सौ इकहत्तर जर्मनी में पांच सौ तिरासी स्पेन में पांच सौ छब्बीस और ब्राजील में चार सौ नवासी से ज्यादा संक्रमितहैं इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से ठीक हुये लोगों की दर पचपन दशमलव सात सात प्रतिशत हो गई है आकाश्वाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि देश में मरीजों को सामान्य चिकित्सा की जरूरत हो रही है बाईट हम अपने केसेज को देखे तो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेज जो हम देखरहे है वो अगर परसेन्टेज ऑफ पोपुलेशन के हिसाब से देखे जोहम कहते है पर मिलियन पोपुलेशन तोहमारा स्तर बहुत नीचे है एबस्लुट नंबर में अगर हम पूरा काउंट करके देखे तो नंबरज्यादा है कई यूरोप की कंट्री तो हमारे एक स्टेट की पोपुलेशन की है इसलियेजब हम कम्पेयर करते है तो नंबर को रखना जरूरी नहीं रहेगा हमेंपोपुलेशन पर मिलियन के हिसाब से देखना पड़ेगा तोपहली चीज तो ये है दूसरी चीज अगर अपना रिकवरी रेट देखे तोवो भी दिन भर दिन बढ़ रहा है और इससे ये क्लीयर हो रहा है कि हमारे जो पेशेंट हमारेआ रहे हैं उनको माइल्ड इलनेस है इसलिए वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं सिवियर केसेज हैजिनको वेंटीलेटर की जरूरत पड़ती है या जो आईसीयू में आते है वो और देशों के मुकाबलेयहां कम है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमण के दो सौ अठाईस नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या सात हजार आठ सौ तिरानवे हो गई है पटना से सबसे अधिक छत्तीस नये मामले सामने आये हैं सीवान और मधुबनी से सत्ताईस सत्ताईस समस्तीपुर और सहरसा से अठारह अठारह दरभंगा से सत्रह किशनगंज से ग्यारह और नालंदा से दस मामले पॉजिटिव पाये गये इसी तरह मुंगेर से आठ गोपालगंज और वैशाली से सात सात भागलपुर से छह सुपौल से पांच तथा बक्सर कटिहार मधेपुरा और पूर्णियां से चार चार मामलों की पुष्टि हुई है जमुई लखीसराय सारण और भोजपुर से दो दो तथा बेगूसराय कैमूर औरंगाबाद बांका जहानाबाद मुजफ्फरपुर और शेखपुरा से एक एक मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक सौ छत्तीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर पांच हजार सात सौ सड़सठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर साढ़े तिहत्तर प्रतिशत से अधिक है वहीं इस वैश्विक महामारी से अब तक बावन लोगों की मौत हो चुकी है मृत्यु दर शून्य दशमलव छह पांच प्रतिशत है देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर चार लाख चालीस हजार दो सौ पन्द्रह हो गई है वहीं देश भर में अब तक दो लाख अड़तालीस हजार एक सौ नब्बे रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या चौदह हजार ग्यारह हो गई है नई दिल्ली स्थित गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को घर मे स्वयं को आइसोलेट करना और सुरिक्षत दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए बाईट अगर परिवार का इकलौता सदस्य है जो कि कोरोना से संक्रमित है तो उसे अपने एक कमरे में आइसोलेट कर लेना चाहिए और किसी सदस्य से मिलने जुलने की कोशिश नहीं करना चाहिए वो इस तरह के रूम में आइसोलेट करे जहां उसके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था हो और खाने पीने की व्यवस्था अगर वो अपने आप को आइसोलेट करने में कामयाब होता है यह संक्रमण न तो उसके परिवार में फैलेगा और न ही आसपास फैलेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड उन्नीस के बढ़ते मामलों को देखते हुये देश के अधिक प्रभावित क्षेत्रों से बिहार लौटे लोगों की सघन जांच कराने का निर्देश दिया है उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों की अधिक से अधिक जांच का निर्देश दिया ताकि कोरोना संक्रमण की श्रंखला को तोड़ा जा सके उन्होंने आईसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने को भी कहा पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड उन्नीस संक्रमित एक युवक ने आत्महत्या कर ली कोरोना वार्ड के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि मृतक खगौल का रहने वाला था उन्होंने बताया कि उसने पंखे से लटकर आत्महत्या की डॉक्टर संजीव ने बताया कि मौत के एक घंटे के बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आयी लॉकडाउन की अवधि में देश के विभिन्न हिस्सों से तीस लाख से अधिक प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने यह जानकारी दी श्री अमृत ने कहा कि दूसरे राज्यों से लौटे सभी लोगों के बैंक खातों में एक एक हजार रूपये की राशि भेज दी गयी है मौसम विभाग ने कल से उत्तर और पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से एक ट्रफ लाईन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमोत्तर की ओर गुजर रही है जिसके प्रभाव से भारी बारिश की स्थितियां बनी हैं किशनगंज अररिया सुपौल मधेपुरा सहरसा पूर्णियां शिवहर और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है विभाग ने कहा है कि दक्षिण बिहार में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है सबसे अधिक रोसड़ा में पचास मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी राजद ने बिहार विधान परिषद की नौ रिक्त सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिये हैं पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिस्कोमान अध्यक्ष सुनील सिंह मुम्बई के जानेमाने व्यापारी फारूख शेख और पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामबलि सिंह चंद्रवंशी के नाम पर अंतिम रूप से मुहर लगी है आज सभी प्रत्याशियों के नामों की औपचारिक घोषणा होगी इधर जदयू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को प्रत्याशियों के चयन के लिए अधिकृत किया है प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने यह जानकारी दी पटना के अनिसाबाद में कल पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से बावन लाख रूपये से अधिक की लूट के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिटी एसपी पश्चिमी एसआईटी का नेतृत्व करेंगे सीबीएसई ने दसवी और बारहवीं के परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर एडमिट कार्ड के साथ साथ अनुमति पत्र लाने का निर्देश दिया है परीक्षार्थियों को अपने स्कूल से अनुमति पत्र लेना होगा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एक जुलाई से होने वाली परीक्षा में बिना अनुमति पत्र और एडमिट कार्ड के परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा दूरदर्शन बिहार पर पहली से बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई अब इकतीस अगस्त तक होगी पहले कक्षाओं का संचालन तीस जून तक किया जाना था प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के खाली पड़े पदों के लिए नियोजन प्रक्रिया ऑनलाईन होगी शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शारीरिक शिक्षकों के खाली पड़े पदों की जानकारी इकट्ठा कर ली गयी है और जल्द ही नियोजन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी प्रदेश के उन सभी विद्यालयों के प्राचार्य को वर्चुअल ट्रेनिंग दी जायेगी जहां चालू शैक्षणिक सत्र से कक्षा नौ की पढ़ाई शुरू होने वाली है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने बताया कि इस शैक्षणिक सत्र में तीन हजार से अधिक पंचायतों में कक्षा नौ की पढ़ाई शुरू होने वाली है उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यालय प्राचार्य की प्रशासनिक दक्षता विकसित की जायेगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में यूपी पुलिस ने स्थानीय पुलिस की सहायता से बिहारशरीफ से एक युवक को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार युवक पर आरोप है कि वर्ष दो हजार अठारह की परीक्षा में उसने फर्जी परीक्षार्थी उपलब्ध कराये थे पटना के सालिमपुर अहरा से पकड़े गये एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज मामले की जांच का जिम्मा एटीएस को सौंपा गया है जांच एजेंसी एक्सचेंज संचालकों के आतंकी संगठनों से सांठगांठ का पता करेगी पटना के खिड़ी मोड़ थाना के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है उन पर एक मामले में नब्बे दिनों के अन्दर चार्जशीट दायर नहीं करने का आरोप है पश्चिम चंपारण जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने तीन शराब कारोबारी समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से दो लाख सतहत्तर हजार रुपये लूट लिये वहीं भागलपुर जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यवसायी से दो लाख पच्चीस हजार रुपये लूट लिये मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही गांव में अपराधियों ने एक ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी वहीं पश्चिम चम्पारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने देर शाम लखौरा पंचायत के मुखिया के पुत्र को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के मधुबनी मठिया गांव के पास एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये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 प्रभात खबर लिखता है चीन ने माना झड़प में उसके अफसर की भी गयी थी जान हिन्दुस्तान ने पटना में हुई बैंक डकैती की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाते हुये लिखा है दुस्साहसः अनिसाबाद में पीएनबी से लूटे बावन लाख दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को तरजीह देते हुये लिखा है कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी दैनिक भास्कर ने कल से उत्तर भारत में भारी बारिश के अलर्ट की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है आज और राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना वायरस संक्रमण के समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

राज्य सरकार ने इस मामले में केन्द्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की